स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा सम्पन्न अंतिम दिन प्रदेश में हुए कई जागरूकता कार्यक्रम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपनी संस्कृति व परम्पराओं से जूड़े रहने का किया आहवान देशभर में सबसे स्वच्छ पाठशाला ज़िला के लिए मण्डी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर प्रष्याजंलि अर्पित की इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई

इस बीच राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रपिता इधर प्रदेश में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए उन्होंने राष्ट्रपिता के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता के लिए विद्यार्थियों की रैली को भी रवाना किया बाद में मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी प्रष्पांजलि अर्पित की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक वीरमद्र सिंह भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा और मुख्य सचिव बी के अग्रवाल के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे इससे पहले मुख्यमंत्री ने संजौली में हुए स्वच्छता अभियान में भाग लिया उन्होंने चौड़ा मैदान स्थित राज्य संग्रहालय में राष्ट्रपिता के पहचान सूचक और फोटो गैलरी का भी लोकार्पण किया

इस दौरान प्रदेशभर में भी स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन में राष्ट्रपिता की जयंती पर स्वच्छता अभियान में सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने भाग लिया वहीं सांसद राम स्वरूप शर्मा ने सुंदरनगर में सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िला के शाहपुर में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का आहवान किया स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पालमपुर के डरोह में स्वच्छता कार्यक्रम में शिरकत की और इस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर बल दिया ऊना के रायपुर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने स्वच्छता रैली का शुभारम्भ किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में हरोली के सेंसोवाल में श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री देश के मार्गदर्शक हैं और सभी को उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर चलना चाहिए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने कहा कि वर्तमान में देश को महात्मा गांधी की विचारधारा पर आगे ले जाने की ज़रूरत है बिलासपुर के लुहणू मैदान में स्वच्छता अभियान विधायक सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में चलाया गया घुमारवीं के विधायक राजेन्द्र गर्ग ने क्षेत्र के डंगार चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्वांजलि दी गांधी जयंती पर नाहन में प्रभात फेरी निकाली गई और ज़िला उपायुक्त ललित जैन ने लोगों को राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की शपथ दिलाई कुल्लू में उपायुक्त युनुस धर्मशाला में उपायुक्त संदीप कुमार जबकि हमीरपुर में उपायुक्त ऋचा वर्मा ने गांधी जयंती पर हुए कार्यक्रमों में शिरकत की चम्बा में स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला व नारा लेखन प्रतियोगिताएं करवाई गईं इधर महात्मा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन ने शिमला में गांधी जी के जीवन दर्शन पर सैमिनार का आयोजन किया इसमें मुख्य उद्बोधन में वक्ता प्रमोद शर्मा ने कहा कि गांधी संदेश हमेशा शाश्वत हैं और वर्तमान परिवेश में सत्य अहिंसा और प्रेम के द्वारा ही मानवता का संपूर्ण विकास संभव है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रहित में हर वर्ग से शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि किसान समुदाय को लाभ देने वाली और पर्यावरण के लिए हितकारी है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपनी संस्कृति और परम्पराओं से जुड़े रहने का आह्वान किया है शिमला में आज मण्डी मित्रमण्डल के एक समारोह में उन्होंने कहा कि केवल वही समाज उन्नति कर पाता है जो अपनी संस्कृति का सम्मान करता है

उन्होंने कहा कि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से नए विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित बनाएगी कि मण्डी ज़िला प्रदेश का मुख्य पर्यटन गंतव्य बनकर उभरे समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना ठाकुर सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के अलावा अन्य नेता व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत धर्मशाला में आज करीब दो सौ पात्र महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है

उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाले राशन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और भ्रष्टाचार व भयमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है

वीरेन्द्र कंवर ने किसानों से पारम्परिक खेती से बाहर निकलकर नकदी फसलों को अपनाने पर जोर दिया ताकि उनकी आर्थिकी बढ़ सके उन्होंने कहा कि रसायनिक खादों के अत्याधिक प्रयोग से खेती की लागत बढ़ी है और किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ा है बधाई विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बीके अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनने पर बधाई दी है उन्होंने मुख्य सचिव से सरकार की नीतियों व जनता के विकास और कल्याण की सोच के साथ कार्य करने का आग्रह किया पुरस्कार मण्डी जिले को देशभर में सबसे स्वच्छ पाठशाला जिला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मुम्बई में आज शाम एक समारोह में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने ये पुरस्कार प्राप्त किया जिले को ये उपलब्धि एक निजी संस्था के सर्वे के आधार पर हासिल हुई है ये पुरस्कार मण्डी जिले की सभी राजकीय पाठशालाओं में शौचालयों की उपलब्यता छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों का प्रावधान और हैंडवॉशिंग कवरेज के लिए दिया गया है मण्डी से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार स्कूल के स्टाफ विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के निरंतर सहयोग से ज़िले को ये उपलब्धि हासिल हो पाई है

सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल अवस्थी ने बताया कि संगठन ने युद्वस्तर पर कार्य कर इस सड़क को बहाल किया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार आज लाहौल से मनाली जबकि कल मनाली से लाहौल की ओर वाहनों को जाने की अनुमति होगी केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि रोहतांग सड़क पर हालात सामान्य न होने तक वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा

इसमें वॉलीबॉल स्पर्धा में शिमला जबकि कबड्डी और बैडमिंटन में ऊना ज़िला ओवरऑल विजेता बना समापन अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने अध्यापकों से स्कूलों में अधिक से अधिक खेल गतिविधियों के आयोजन पर बल दिया ताकि बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारा जा सके

अपने संबोधन में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि खेल व्यक्ति में प्रतियोगिता की भावना पैदा कर चुनौतियों से जूझने की ताकत देते हैं जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है इससे पहले शिमला के रिज मैदान पर हुए एक समारोह में भारद्वाज ने नशा निवारण जागरूकता पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया सेब किन्नौर ज़िले में पिछले कुछ दिनों से साफ मौसम के चलते सेब बागवान अपने कार्यों में जुटे हुए हैं

ऐसे में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतारें लगी हुई हैं बागवानों के अनुसार मार्ग अवरूद्ध होने से उन्हें सेब को मण्डियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है

कलाकारों की ये टीम आज शिमला से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है